कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

नीति आयोग में स्वास्थ्य से संबंधित सदस्य डॉ वीके पॉल ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है

ये पहली अप्रैल से तीस अप्रैल तक लागू रहेंगे दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है करीब पांच महीने से कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट से यह स्पष्ट हुआ है कि वायरस को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है उन्हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे सभी पात्र लोगों को टीके लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है इस बात पर भी बल दिया गया है कि गतिविधियों की फिर से शुरूआत सुनिश्चित करने तथा महामारी से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए निर्धारित कंटेनमेंट रणनीति का सख्ती से पालन करने तथा गृह मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय अन्य मंत्रालयों केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है

राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र क्मार तिवारी की ओर से जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस आदि को प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा सामाजिक कार्यक्रमों में कोविड से बचाव के तीन उपाय दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना मास्क लगाना और सैनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में साठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों दस वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों और गम्मीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक एक नोडल अधिकारी अथवा कर्मचारी की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं

साठ साल से ज्यादा उम्र के अधिकांश लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करायी जा चुकी है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए सजग रहने और जरूरी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का आह्वान किया है पब्लिक प्लेस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है दस साल से छोटे बच्चे साठ साल से रूपर के लोग गर्भवती महिलाएं एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी रोगी है वह हर हाल में प्रयास करें कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें दूसरा इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जाए मास्क का इस्तेमाल सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन जरूर करें अब वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है साठ साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जो चुकी है

भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक होली का त्योहार कल प्रदेश भर में धार्मिक सद्भावना और उत्साह के साथ मनाया गया लोग सुबह से ही रंग अबीर और गुलाल लेकर घरो से निकल पड़े तथा एक दूसरे को रंगो से सराबोर करते हुए पर्व की बधाई दी नौजवानों की टोलियां पारम्परिक होली के गीत गाते हुए ढोल नगाडों के साथ निकलीं और जमकर होली खेली ब्रज तथा अक्य क्षेत्र में होली पर्व का विशेष उत्साह रहा समूचे ब्रज मण्डल में कल होली की धूम रही चारो ओर होली के गीत गाये गये और लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी मथुरा और वृन्दावन के मंदिरो में होली का विशेष उत्साह देखा गया बांके बिहारी जी मंदिर ठाकुर राधाबल्लभ मंदिर राधारमण मंदिर निधिवनराज मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भारी संख्या में लोगों ने जमकर होली खेली इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में भी होली का पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया यहां होली रंगभरी एकादशी के दिन से ही शुरू हो जाती है होली के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये थे प्रदेश में कल कई स्थानों पर होली की शोभा यात्राएं निकाली गयीं शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकाला गया बताया गया है कि वहां लगभग सौ वर्षो से इस जुलूस को निकालने की परम्परा है गोरखपुर में कल गोरक्षपीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान नृसिंह की आरती उतारी और होली जुलूस में कोविड नियमों के तहत भाग लिया पीलीभीत बलरामपुर अमरोहा में धार्मिक सद्भाव के साथ त्योहार मनाया गया

यहां होली का लुत्क उठाने के लिए विदेशी सैलानी कई दिन पहले से ही आना शुरू हो गये थे बुन्देलखण्ड में भी होली की धूम रही और वहां भी सद्भावनापूर्ण वातावरण पारम्परिक होली खेली गयी

पंजीकरण संम्बन्धी जरूरी दिशा निर्देश श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डॉट श्रीअमरनाथ जी श्राइन डॉट कॉम उपलब्ध है सभी राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के द्वारा अधिकृत डाक्टरों और चिकित्सा संस्थानों के ज़रिये ज़ारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पंजीकृत बैंक शाखाओं में मान्य और स्वीकार किये जायेंगे इस साल छप्पन दिवसीय यह यात्रा अठ्ठाइस जून से बालताल और चंदनबाड़ी के रास्तों से एक साथ शुरू होगी और बाइस अगस्त दो हजार इक्कीस को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी तेरह साल से कम उम्र के बच्चों और पछत्तर वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गो और छ हफ्ते से अधिक गर्भवती महिलाओं को यात्रा की इजाजत नहीं होगी

पिंकू कुमार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गये थे शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब गॉव पहुंचा तो भारी भीड़ अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी